प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्चतर शिक्षा में बदलाव हेतु एक सम्मेलन का उदघाटन करेंगे

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना से ठीक हये लोगों से अपील की है कि वे इस महामारी से लड़ने के लिए आमजन को प्रेरित करने के लिए आगे आयें और यह संदेश दे कि इस बीमारी से डरने की बजाय सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है मुख्यमंत्री ने ठीक ह्ये लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी की विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में कोरोना जांच की निश्ल्क स्विधा उपलब्ध है

स्वस्थ हये मरीजो को प्लाज्मा दान करेन के लिए एसएमएस भेजे जा रहे है

जनस्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त म्ख्यसचिव राजीव आरोड़ा ने म्ख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ग्रूग्राम फरीदाबाद सोनीपत व रेवाड़ी जिलों के छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना पोजिटिव मरीजों की स्थिति नियंत्रण में है म्ख्यमंत्रह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक कोरोना जांच प्रयोगशाला खोली जानी चाहिए जहां एंटीजन टेस्ट की बजाय आर टी पी सी आर प्रणाली से जांच की स्विधा हो

आज फरीदाबाद में दो कोविड मरीजों और अम्बाला में एक कोविड मरीज की मृत्य् भी हई है

सिसिवल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि ये मरीज रादौर सरस्वती नगर जगाधरी यम्नानगर छछरौली इलाके के है इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उन्होंने कहा कि आज आठ कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छ्ट्टी भी दी गई है

इनमे सात मामलों में रेपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले है

चंडीगढ़ से जारी एक वक्तव्य में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने व बढ़ते वाय् प्रद्रषण को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए

आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्षमा स्वराज की पहली प्ण्यतिथि पर उन्हें श्रद्ांजलि दी गई

उन्होंने कहा कि भारत ने यह धारा खत्म करके देश की एकता अखडंता और प्रभ्सता के हित मे बड़ा फैसला लिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये कहा कि श्रीमती स्वराज एक जिदांदिल इन्सान थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्चतर शिक्षा में बदलाव हेतु सुधारों बारे एक सम्मेलन का उदघाटन् करेंगे

इनमे सम्ची बह पक्षीय और भविष्यवादी शिक्षा ग्णवतापूर्ण अन्संधान और शिक्षा के बेहतर पहंच के लिए प्रौद्योगिकी के सम्मान इस्तेमाल जैसे पहलू शामिल है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखिरयाल निशंक शिक्षज्ञा राज्यमंत्री संजय धोत्रे भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगे विश्वविद्यालयों के उप क्लपति संस्थाओं के निदेशक कालेज के प्राचार्य और शिक्षा क्षेत्र से सम्बधित अन्य विद्वान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

आरोपी की पहचान गांव आसाखेड़ा निवासी रोहताश के रूप में हुई है

पकड़े गये आरोपी की पहचान सिरसा के पाना निवसी शिवराज के रूप में हुई है

वहीं जींद जिले में प्लिस टीम ने एक ग्र्प्त सूचना के आधार पर गांव बास निवासी के कब्जे से डेढ़ किलों चरस बरामद की है जिसकी कीमत डेढ़ लाख रूपये बताई जा रही है

ये लोग कैंटर और कार मे नशा भरकर पंजाब में सप्लाई करने के लिए ला रहे थे